राष्ट्रीय कामधेनू आयोग के गठन को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी वैज्ञानिकों ने कहा बढ़ते तापमान के कारण अगली सदी तक पिघल सकता है हिमालय ग्लेशियर का दो तिहाई हिस्सा रोक लगाने के उपाय करने को कहा

इन शिविरों की शुरूआत जयपुर के सिरसी में आयोजित कार्यक्रम से होगी इनकी शुरूआत उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट करेंगे

न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा है कि चयन और अर्हता नामांकन पत्र कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट डी ओ पी टी डॉट जी ओ वी डॉट इन से प्राप्त कर सकते हैं

जलवायु और पर्यावरण पर नये व्यापक अध्ययन के बाद काठमांड् में जारी हिन्द्र कृश हिमालय आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक तापमान को डेढ़ डिग्री तक सीमित रखने की पेरिस संधि लागू करने से ग्लेशियर का पिघलना एक तिहाई हिस्से तक सीमित किया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केन्द्र के महानिदेशक एकलव्य शर्मा ने जलवायु परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए तुरन्त कार्रवाई पर जोर दिया है

इसके लिये पार्टी ने भारत के मन की बात मोदी के साथ नाम का अभियान शुरू किया है

इस पोर्टल को राजीव गांधी करियर पोर्टल का नाम दिया गया है यह पोर्टल पूरे देष में राजस्थान में ही सबसे पहले तैयार किया गया है कल जयपुर में शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने इस पोर्टल का लोकार्पण किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की रोजगारोन्मुखी षिक्षा के क्षेत्र में यह बड़ी पहल है

अब पदोन्नति की प्रक्रिया में सफल डिप्टी जेलर नए पद पर ज्वाइन कर सकेंगे न्यायाधीश अरुण भंसाली ने राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया है

कल स्वाइन फ्लू से दो महिलाओं की मौत हो गई इनमें एक महिला गर्भवती थी

इससे जिले में अब तक आठ लोगों की मृत्यु हो चुकी है

यह हादसा एक महिला को पानी में डूबने से बचाते हुए हुआ

इस युवक को बकरियों की चोरी के आरोप में दो दिन पहले हिरासत में लिया गया था

पॉस्को कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश अजय शर्मा ने यह सजा सुनाई